अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्राहक संपर्क पहल के जरिए सभी बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे

हमीरपुर के नेरी में कल सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के लिए विभाग में तकनीकी विंग बनाया गया है वीरेन्द्र कवर ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल को गरीब मुक्त राज्य बनाने की ओर अग्रसर है नियुक्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद उनके नाम की अधिसूचना जारी कर दी है सुखराम पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पार्टी की मज़बूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि धर्मशाला और पच्छाद में होने वाले उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी पंडित सुखराम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी ज़िम्मेदारी को सादगी व निष्ठा से निभा रहे हैं इस बीच कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए आज से अपना वॉर रूम भी शुरू कर दिया है

विनायक राणा के पिता संजीव राणा ने इस उपलब्धि को स्कूल व परिजनों के लिए गर्व की बात बताया है

ज़िला निर्वाचन अधिकारी आर के पुरूथी ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं

सड़क लाहौल स्पिति ज़िले के स्पिति उपमंडल के लोगों ने मुद भावानगर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की सरकार से मांग की है स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी को जोड़ने वाली ग्राम्फू सुमदों सड़क की खस्ता हालत और सुमदों रामपुर मार्ग के मलिंग नाले के पास बार बार अवरूद्द होने से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

मौसम प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हो रहे हल्के हिमपात और मध्यम व निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा से ठण्ड बढ़ गई है जनजातीय जिले लाहौल स्पिति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है वर्षा व हिमपात से किसानों बागवानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है

इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर पूर्व जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं